हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार दिवंगत मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हफीजुल हसन ने राजभवन में ली मंत्री पद की शपथ प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लांड्रिंग के मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का की दो संपत्तियों पर किया कब्जा भारत और इंग्लैड के बीच चार टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज चेन्नई में शुरू झारखंड के शाहबाज नदीम को भी मिला मौका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

चर्चा में भाग लेते हए भाजपा सांसद डॉ विनय सहस्रबुद्दे ने कहा कि लोग वर्तमान सरकार के अंतर्गत अपेक्षाओं के लोकतंत्र का अनुभव कर रहे हैं सरकार और किसान यूनियनों के बीच हई कई दौर की बातचीत का उल्लेख करते हए उन्होंने कहा कि सरकार अभी कृषि कानूनों पर उपजे मतभेदों के हल के लिए इस मुद्दे पर किसानों के साथ चर्चा के लिए उपलब्धि है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किये गए सुधारों का उल्लेख करते हुए डॉ सहस्रबुद्धे ने कहा कि केंद्र ने राज्यों और जिला अधिकारियों को विकास निधि की पहुंच को आसान बनाने के लिए शक्तियां प्रदान की हैं उन्होंने कहा कि केंद्र सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की दृष्टि से काम कर रहा है और इसने देश को भारत की खोज से भारत के आत्मबोध की ओर अग्रसर किया है

राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने दिवंगत मंत्री हाजी हसैन अंसारी के पुत्र हफीजुल हसन को मंत्री पद की शपथ दिलायी हालांकि वे अभी विधायक नहीं हैं उन्हें छह माह के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना होगा बता दें कि हाजी हसैन अंसारी के निधन होने के बाद जहां मंत्री का एक पद रिक्त हो गया था वहीं मध्यप्र विधानसभा सीट भी रिक्त हो गई है इस सीट पर उपचुनाव होना है राजभवन में राज्यपाल द्रौपदी मुमू हफीजुल हसन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी

सात प्रखंड अबतक कोरोना मुक्त हो चुके हैं

राज्य के विभिन्न जिलों में कल टीकाकरण अभियान के दौरान कई उपायुक्तों और अन्य पदाधिकारियों ने कोरोना के टीके लगवाए इनमें रांची के उपायुक्त छवि रंजन वरीय पुलिस उपाधीक्षक एसके झा पलामू के उपायुक्त शशिरंजन पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार उप विकास आयुक्त शेखर जमुआर सहित कई पदाधिकारी शामिल हैं राज्यभर में कल साढे छह हजार से अधिक लोगों का टीकाकरण हुआ इनमें तीन हजार आठ सौ तैंतीस स्वास्थ्य कर्मी तथा दो हजार सात सौ अट्ठाइस फ्रंट लाइन वर्कर्स शामिल हैं

सदर अस्पताल के टीकाकरण केन्द्र में उप विकास आयक्त संजय बिहारी अम्बष्ट सहित कई पदाधिकारियों और समाहरणलय के विभिन्न शाखाओं के कर्मियों ने भी टीका लगवाया

इसके तहत चतरा के जिला कृष्ठ निवारण पदाधिकारी डॉक्टर रंजन सिन्हा को सिविल सर्जन का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है कोडरमा सिविल सर्जन कार्यालय में पदस्थापित चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद को कोडरमा के सिविल सर्जन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है

इन संपत्तियों में एक प्लॉट और एक आवास है ईडी ने मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत यह कार्रवाई की है जब्त संपत्ति पर ईडी ने सरकारी संपत्ति का बोर्ड भी लगा दिया है एनोस एक्का वर्तमान में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में सजा काट रहे हैं

इसमें रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र के हिन् में आलीशान आवास सरकुलर रोड के हरिओम टावर स्थित फ्लैट वर्द्वमान कंपाउंड के श्रीराम रेजिडेंसी में फ्लैट चुटिया के सिरमटोली में जमीन सिलीगुड़ी में करोड़ों की जमीन चाय बगान बैंक खाता राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र किसान विकास पत्र वाहन व हथियार आदि शामिल हैं मनी लांड्रिंग के साथ ही पूर्व मंत्री एनोस एक्का हत्या के एक मामले में भी सजायाप्ता हैं पारा शिक्षक मनोज क्मार की हत्या के आरोप में एनोस को उम्र कैद की सजा हई है रांची विश्वविद्यालय के चार नए कालेजों में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है

इन कालेजों में सिमडेगा के बानो स्थित मॉडल डिग्री कालेज सिमडेगा का वीमेंस कालेज गुमला के घाघरा गांव स्थित मॉडल डिग्री कालेज और लोहरदगा का वीमेंस कालेज शामिल है हाल ही में राज्यपाल द्रौपदी मुर्म ने सिमडेगा में दो गुमला और लोहरदगा में एक एक कालेज का उदघाटन किया था

इन कालेजों के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिला लिया जाएगा दाखिला चांसलर पोर्टल के जरिये होगा इसे लेकर कल देर शाम चांसलर पोर्टल खोला गया इन कालेजों में अंडर ग्रेजुएट के अंग्रेजी लोक प्रशासन बीसीए हिंदी भूगोल आफिस मैनेजमेंट और आइटी जैसे विषयों में दाखिला हो रहा है

दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है इस संबंध में अनामिका गौतम की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद करने की मांग की गई है

इधर रांची नगर निगम की टीम ने कल अभियान चलाकर ट्रेड लाइसेंस और डस्टबीन की जांच की इस दौरान रांची के मेन रोड जेल रोड सहित कई इलाकों में अभियान चलाया गया

नामांकन पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर कल सुनवाई पूरी हो गई मामले की सुनवाई के क्रम में अदालत ने पिछले साल तीन माह में कमियां दूर करने का कार्य अवधि देने के बाद भी कमियां दूर नहीं करने को लेकर सवाल उठाए हैं उच्चतम न्यायालय के आदेश पर राज्य सरकार ने एक दिन पूर्व ही शपथपत्र दायर कर दिया था इसमें सरकार ने निर्धारित समय पर कमियां दूर नहीं होने पर खेद प्रकट करते हुए शीघ्र ही सारी कमियां दूर करने का भरोसा दिलाया है भारत और इंग्लैड के बीच चार टेस्ट मैचों के श्रृंखला का पहला मैच आज चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जा रहा है इंग्लैंड की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है इंग्लैंड की टीम चालीस ओवर में दो विकेट पर छियासी रन बना चुकी है वहीं इंडियन टीम में इस बार झारखंड के शाहबाज नदीम को भी खेलने का मौका मिला है शाहबाज नदीम झारखंड के धनबाद से खेलते रहे हैं

यह उनका दूसरा टेस्ट मैच है

हालांकि आज सुबह से रांची का मौसम साफ है आसपास के इलाके में सुबह हल्का कोहरा देखने को मिला जो सुबह सात बजे के बाद समाप्त हो गया मौसम विभाग के मुताबिक आज शाम से आंशिक तौर पर रांची में बादल छाने की संभावना है इस दौरान न्युनतम तापमान में दो डिग्री की बढ़ोत्तरी हो सकती है कल रांची में भी हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है